रंगों का त्यौहार होली कल राज्यभर में मनायी जाएगी

महिला दिवस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चामी मुर्मू को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया चामी मुर्मू को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है चामी मुर्मू ने पिछले अठाईस वर्षो में दो हजार आठ सौ महिला समूह बनाकर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है चामी मुर्म सरायकेला खरसांवा जिले की राजनगर प्रखण्ड की रहने वाली हैं

ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष कमजोर और वंचित महिलाओं के ्र संस्थानों को लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति समूहों और संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं ने समाज निर्माण और राष्ट्र को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है आजीविका केन्द्र सरकार देश में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की आजीविका के लिए वर्ष दो हजार बाईस तक पच्छहतर लाख महिला स्व सहायता समूह बनाने की तैयारी कर रही है ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में कहा कि महिला स्व सहायता समूह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का आधार है देश में साठ लाख से अधिक स्वंय सहायता समूह हैं सरकार ऐसी महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दे रही है बैंकों से आसान कर्ज की सुविधा भी दी गई है कोरोना सरकार लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला रही है इसके लिए राज्यस्तर पर टॉल फी नंबर एक शुन्य चार बनाया गया है स्वास्थ्य विमाग द्वारा जानकारी दी गई है कि राज्य में किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है एहतियात के तौर पर पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है लोगों को सलाह दी गई है कि किसी व्यक्ति को अगर खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ होती है तो वे लापरवाही ना बरतें और तुरन्त चिकित्सक से संपर्क करें लोगों को जानकारी दी जा रही है कि विदेश से आने वाले लोगों में इस वायरस से संक्रमण की संभावना हो सकती है बचाव के लिए अन्य लोगों से दूरी बनाए रखें

पब्लिक स्पीक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय हैः त्यौहारों के दौरान संक्रमण से होने वाली बीमारियों से बचाव और सुरक्षा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने का संकल्प व्यक्त किया है पूरे अभियान के दौरान सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में अनीमिया जांच कैंप का आयोजन किया जाएगा वहीं बच्चों का टीकाकरण भी किया जाएगा इस पखवाड़े के दौरान सहिया आंगनबाड़ी सेविका एएनएम स्वयं सहायता समूह और पंचायती राज के प्रतिनिधि लोगों को पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएंगे इधर जिलों में भी पोषण पखवाड़ा की शुरूआत कर दी गयी है पूर्वी सिंहभूम जिले में कल पोषण पखवाड़ा की शुरूआत करते हुए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पोषण रिथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वहीं हमारे हजारीबाग संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण के सौजन्य से पोषण रथ जिले के विभिन्न प्रखण्डों में घूमकर लोगों को पोषण से संबंधित जानकारी देगी इघर लोहरदगा जिले में भी पोषण पखवाड़ा की शुरूआत की गयी वहीं सिमडेगा जिले में भी पोषण पखवाड़ा के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी

इससे पहले आज शाम होलिका दहन किया जाएगा होली को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि रंगो का त्योहार होली सभी के जीवन में खुशियां और उल्लास लेकर आए होली का त्यौहार शांति व सद्भाव के बीच संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गए है चतरा जिले के सभी संवेदनशील स्थानों के लिए दंडाधिकारियों के साथ साथ सुरक्षाकर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है जिला प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने का आदेश दिया है इस दौरान शांति व्यवस्था को भंग करने वाले असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी स्पेशल स्टोरी चतरा चतरा जिले में होली का त्योंहार शांति व सद्भाव के बीच संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है

पश्चिमी विक्षोम के कारण राज्य भर में इसका असर हो सकता है मौसम विभाग ने इस संबंघ में येलो अलर्ट जारी किया है विमाग के अनुमान के अनुसार वर्षा के साथ तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफतार से हवा चलेंगी साथ ही ओला वृष्टि की भी संभावना है मौसम विभाग ने तेरह और चौदह मार्च को भी हल्की वर्षा की चेतावनी दी है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पांचवी बार टवेंटी ट्वेंटी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है मेलबर्न में कल फाइनल में उसने भारतीय महिला टीम को पचासी रन से हराकर लगातार दूसरी बार विश्व कप जीता एक सौ पचासी रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम केवल निन्यानबे रन पर सिमट गई